इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैव ईंधन वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार है इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आय बढायेगा श्री मोदी ने कहा कि जैव ईंधन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुजन में भी योगदान दे सकता है समारोह में किसान वैज्ञानिक उद्यमी छात्र छात्राएं सरकारी अधिकारी और कानून निर्माता मौजूद रहे विश्व जैव ईंधन दिवस परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल दस अगस्त को मनाया जाता है सरकार ने इस साल जून में जैव ईंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी

विधेयक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड़ ने बताया कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति खेल के क्षेत्र से होंगे राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज चित्तौडगढ में सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किये और पूजा अर्चना की श्रीमती राजे आज उदयपुर में तीन स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी

राज्यपाल और क्लाधिपति कल्याण सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय में उप क्लसचिव की भर्ती में कथित अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हये इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

उन्होंने कुलपति को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उप कुलसचिव की भर्ती प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से रोका जाये और इस प्रकरण में यदि नियुक्ति आदेश जारी कर भी दिये गए हैं तो उनकी पालना में किसी को कार्यग्रहण न करवाया जाए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने कहा कि दिव्यांगों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

ऐर्से में आयोग और विभाग का सबसे ज्यादा प्रयास अधिक से अधिक दिव्यांगों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना रहेगा प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े चार जिलों में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीयता का संदेश देने के उद्देश्य से चौदह अगस्त को छह सौ किलोमीटर लम्बी मानव श्रृंखला बनाई जायेगी जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप ने बीकानेर में इससे संबंधित तैयारियों के लिये हुई बैठक में बताया कि इसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में यह छत्तरगढ़ पूगल और कोलायत में होगी और इसमें करीब एक लाख लोग शामिल होंगे

अवैध हथियार मामले में अभिनेता सलमान खान के विरुद्व लंबित दो प्रार्थना पत्रों पर कल जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने के चलते सुनवाई नही हो पाई

इनमें आरोप लगाया गया था कि सलमान ने कोर्ट में झुठा शपथ पत्र पेश किया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन प्राधिकरण से कहा है कि वे डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के जरिये प्रस्तुत किये जाने वाले ड्राईविंग लाईसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्वीकार करें मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को परामर्श जारी किया है मंत्रालय को सूचना अधिकार के तहत कई आवेदन और शिकायतें मिली हैं कि डिजिलॉकर या परिवहन ऐप पर यह दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर यातायात पुलिस या मोटर वाहन विभाग उन्हें वैध नहीं मानता